उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को विफल बताया

समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की

प्रयागराज में दिव्य और भव्य क्भ के आयोजन के लिये किये गये हैं विशेष इंतज़ाम

उन्होंने आरोप लगाया है कि गठबंधन में शामिल दल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कमजोर सरकार बनाने के इरादे से एकजुट हो रहे हैं इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे अब आज जब कांग्रेस रसातल में है श्रष्टाचार में टूबी हुई है उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर हैं तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं कल नई दिल्ली में रामलीला मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनता को तय करना है कि वह मजबूत सरकार चाहती है या गठबंधन वाली कमजोर सरकार ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जूट गए हैं वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए वो मजबूर सरकार चाहते है ताकि भ्रष्टाचार कर सकें इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों के माध्यम से अयोध्या मामले में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल झूठे आरोप लगाकर प्रधान न्यायाधीश पर महाभियोग चलाना चाहते थे कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहचाने की कोशिया कर रही है कांग्रेस को तो देश के मुख्य न्यायावीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महामियोग के लिए भी तैयारी की थी कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए इसके लिए भी उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण से नये भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा

ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आवार पर मेदभाव किया जाता रहा है ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को केवल एक वोट बैंक के रूप में देखा लेकिन मौजूदा सरकार किसानों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोग्नी करने के लिए दिन रात काम कर रही है हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाया लम्बा और कठिन रास्ता चुना है किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उगए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निस्तर जारी है बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी सरकार का ध्येय है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र अपनाना होगा युवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किया यह महोत्सव इस महीने की चौबीस तारीख तक चलेगा इसका विषय है नए भारत की आवाज बने समाधान करें और नीति में अपना योगदान करें

इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश पढ़ा जिसमें श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव युवाओं के लिए अपनी सामूहिक आकांक्षाओं को स्वर देने का एक आदर्श अवसर है राज्य में समाजवादी पार्टी और बह्जन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है कल लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता में गठबंधन का ऐलान किया दोनों पार्टियां प्रदेश में लोकसभा की अड़तीस अड़तीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी दो सीटें उन्होंने अन्य दलों के लिए छोड़ दी हैं जबकि गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार न खड़ा करने की घोषणा की है मीडिया से बातचीत करते हुए सुश्री मायावती ने कहा कि यह गठबंधन देश और जनता के हित में है जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से सौहार्द बनाए रखने और गठबंधन के धर्म को निभाने का आहवान किया और विवरण हमारे संवाददाता से यह पहली बार है जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए एक साथ बैठे

कांग्रेस को गठबंघन में लेने के बजाय दो लोकसभा सीटें अमेठी और रायबरेली पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गठबंधन को एसपी बीएसपी के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए गठबंधन करार दिया है

इस बीच भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने दोनों पार्टियों की एकता को मजबूरी का गठबंधन करार दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता से घबरा कर सपा और बसपा ने हाथ मिलाया है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साढ़े चार वर्षो से देश के गांव गरीब किसान मजदूर के लिये जो काम किया है आज सबको अहसास है कि गरीबों का विकास गांव का विकास किसान का विकास मोदी जी कर सकते है इस नाते मोदी जी से भयभीत होकर के यह जो एक द्रसरे के कट्टर दुर्सन थे वह इकट्टा हुए

क्म को दिव्य और भव्य बनाने के उददेश्य से सरकार ने श्रद्दाल्ओं की सुविधाओं के लिये विशेष व्यवस्थाएं की हैं बत्तीस सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस वृहद आयोजन में लगभग बारह करोड़ लोगों के आने का अनुमान है पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की ट्रष्टि से इसे बीस सेक्टरों में बांटा गया है प्रत्येक सेक्टर में सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट तैनात रहेगा मेला क्षेत्र में बनाये गये कन्ट्रोल कमांड सेन्टर में ग्यारह सौ सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं जो मेला क्षेत्र में होने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे सम्पूर्ण क्षेत्र में पन्द्रह खोया पाया केन्द्र भी बनाये गये हैं श्रद्वालुओं को स्वास्थ्य सुविधाए मुहैया कराने के लिये केन्द्रीय अस्पताल के अलावा कई अस्पताल बनाये गये हैं एक रिपोर्ट हमारे लखनऊ संवाददाताः मेले में बढ़ती श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आज से ही यातायात का मार्ग बदलने का फैसला किया है आज से इयटी पर वाहनों को छोड़कर कम्म क्षेत्र में किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी यह प्रतिबंध दपहिया वाहनों पर भी लागू होगा अन्य जनपदो से आने वाले वाहनों के लिए प्रयागराज की पटरी पर सात प्रवेश बिंद् बनाए गये हैं इन वाहनों को यहां अलग अलग स्थानों पर बनाए गये पन्वानबे पार्किंग स्थानों पर पार्क किया जायेगा और फिर तीर्थयात्रियों को चलाई गयी शटल बसो और ई रिक्शा द्वारा कुम्म मेला क्षेत्र में भेजा जायेगा एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मेला प्रशासन ने आज रात से यातायात व्यवस्था परिवर्तन के निर्देश दिए हैं कृम्म क्षेत्र में ड्यूटी में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य कोई भी वाहन नहीं चलेंगे यह व्यवस्था दुपहिया वाहनों पर भी लागू रहेगी